राज्य के सभी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय एक मई तक बंद रहेंगे इस दौरान शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को भी अवकाश रहेगा नवरात्रों के बाद सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक होगी हालांकि मंदिरों में पूजा पाठ पहले की तरह जारी रहेगा

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेज़ वृद्धि लगातार जारी है

इस बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आईजीएमसी शिमला में ओपीडी के समय में बैदलाव किया गया है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है वीरेन्द्र कंवर आज ऊना में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगवाने के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि समाज में रक्तदान के प्रति कई प्रकार की भ्रांतियां आज मी मौजूद हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है भारद्वाज आज शिमला के रिज मैदान पर मंथन एक नई पहल नामक सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे

परेड की सलामी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व डीआईजी बिमल ग्रप्ता ने ली बिमल ग्रप्ता ने इस मौके पर कहा कि प्रशिक्षण के दौरान इन जेल बॉर्डर को कानून की बारीकियों जेल में कैदियों की सुरक्षा और उनके साथ व्यवहार के बारे में प्रशिक्षण दिया गया मौमस प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले व जनजातीय क्षेत्रों में आज सुबह से ही रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है जबकि राजधानी शिमला सहित राज्य के कई निचले क्षेत्रों में इस दोरान वर्षा हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे इस ताजा वर्षा व बर्फबारी से खासकर राज्य के भैदानी इलाकों भें लोगों को तपती गर्मी से हल्की राहत मिली है साथ ही पेयजल संकट से भी कुछ राहत की उम्मीद है हमारे सोलन जिला संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा के मुताबिक ये वर्षा कृषि और बागवानी के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है मौसम विमाग ने आज और कल राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा तथा अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई है